रफाल के मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री सीतारामन ने रफाल विमान सौदे पर कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ को आधार बना कर संसद के अंदर और बाहर देश को गुमराह कर रही है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने यूपीए से बेहतर सौदा किया है

उन्होंने कहा कि गोपनीयता की शर्त के तहत हथियारों से युक्त विमान की कीमत का खुलासा नहीं किया जा सकता रक्षामंत्री ने कांग्रेस पर रक्षा के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि रक्षा सौदे और सौदेबाजी में अंतर होता है और एनडीए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है रक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस सदस्यों ने सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया

विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी गरीब को आधार के आभाव में अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा और ना ही आधार के आभाव में किसी को भी अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा से रोका जाएगा

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि स्वाइन फ्लू या अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वाइनफ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं है

न्यायाधीश संगीत लोढा और दिनेश मेहता की खंडपीठ ने इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मंशा जाहिर करते हुए विशेषज्ञों के लिए नाम सुझाने को कहा न्यायालय ने सरकार को इस संबंध में सात जनवरी तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए एडवांस लैब बनाई जा रही है

चार हजार से अधिक शहरों में चालीस करोड लोग इस सर्वेक्षण के दायरे में होंगे

सर्वेक्षण के अंतर्गत लोगों की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है

हमारे संवाददाता ने बताया कि नागौर शहर खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित किया जा चुका है

थाना प्रभारी ने बताया कि चण्डीगढ़ की एक कम्पनी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई उन्होंने बताया कि इस दौरान द्रकान से बडी कम्पनियों के नाम से बेचे जा रहे करीब तीन लाख रुपये कीमत के नकली बिजली के घरेलू उपकरण बरामद किये गये चुरू जिले के सालासर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से कल शाम कुछ लुटेरे करीब पौने नौ लाख रुपये लृटकर फरार हो गये

पुलिस ने सूचना मिलने पर नाकाबंदी कराई है लेकिन लुटेरों का अभी सुराग नहीं मिला है

अमूमन वन्य जीवों की गणना गर्मियों के मौसम में होती थी लेकिन इस साल प्रवासी पक्षियों की गणना सर्दियों में करने की योजना बनाई गई है

कोहरे के कारण सुबह के समय प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है

झालावाड़ जिले के पीपलिया गांव में एक किसान की तेज ठंड के कारण मृत्यु हो गयी